वाहना से पथकर वसूलने के लिए फास्टैग यानी प्रीपेड टोल की स्वचालित भुगतान व्यवस्था आज सुबह से लागू हो गई है यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है आकाशवाणी के साथ बातचीत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि ये प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए लोगों को अब अपने वाहन रोकने नहीं पड़ेंगे

जिस गाडियों में फास्टैग लगी हुई है वह निर्वाध गति से फास्ट लेन का यूज करें और बिना रुके आगे जा सकते हैं इससे उनके समय ईंधन और पॉल्यूशन की भी कमी होगी

निर्बाध आवागमन के लिए फास्टैग के माध्यम से पथकर वसूलने की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली लागू की गई है फास्टैग में रेडियो तरंगों के जरिये वाहन की पहचान होती है और चलते वाहन से सीधे पथकर का भुगतान हो जाता है यदि कोई चालक फास्टैग के बिना इलेक्ट्रॉनिक पथकर लेन में चला जाता है तो उसे दोगुने शुल्क का भुगतान करना होगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा और उनकी क्षमता को सही दिशा देकर राष्ट्र को विकास में लगाने की अवश्यकता है वे आज लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जनशताब्दी के अवसर पर एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहीं थीं उन्होंने बताया कि हमारे देश की आबादी का पैंसठ प्रतिशत भाग युवा वर्ग है उन्होंने कहा कि युवाओं के जोश साहस और विशिष्ट क्षमता को देश हित में सही दिशा देने की आवश्यकता है एक अन्य कार्यक्रम में राज्यपाल ने बच्चों से पुस्तकें पढ़ने उन्हें याद रखने तथा उनसे प्रेरणा लेने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पूस्तकों से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है राज्यपाल ने टी वी चैनलों पर अच्छे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखने की भी बच्चों को सलाह दी लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पर कल उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के कार्यकर्ताओं के लिये नागरिकता संशोधन बिल पर एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सोशल मीडिया और मीडिया की उपयोगिता पर चर्चा करते हुये कहा कि इसकी वजह से संवाद सुगम हुआ है उन्होंने कहा कि जनता के अपार बहुमत के कारण नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया श्री सिंह ने कहा कि दुर्भावनावश कुछ राजनीतिक दल जनता को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन ने कहा कि भाजपा की मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक उन लोगों के लिये एक सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था है जो विभाजन की विभीषिका झेल रहे थे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधान्श् त्रिवेदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक में शरणार्थियों को उचित आधार पर नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान हैं जो कि देश के संविधान के किसी भी प्रावधान के विरूद्व नहीं हैं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि विगत तीन साल में राज्य में माध्यमिक शिक्षा में काफी बदलाव दिखा है उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है श्री शर्मा आज मथुरा में एक शिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की तैयारियां जोरों पर हैं और परीक्षा के बाद शीघ्र परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल की अभूतपूर्व सेवा से जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ जीपीओ स्थिति उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को भारत माता का महान सपूत बताते हुये कहा कि आज पूरा राष्ट्र उन्हें भारतीय गणतंत्र को एकता और अखण्डता के सूत्र में पिरोने के लिये याद कर रहा हैं उन्होंने कहा कि सरदार बल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति के लिये उन्हें लौह पुरूष के नाम से जाना जाता है श्री यागी ने कहा कि वह स्वतंत्र भारत के शिल्पी थे उन्होंने कहा कि पटेल के योगदान को महत्व देते हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में सरदार सरोवर तट के पास उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करायी है

सिद्धार्थ नगर जनपद में आज कपिलवस्तु महोत्सव का शुभारम्भ हो गया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की अस्थियां यहा लाने का प्रयास किया जा रहा है सांसद जगदम्बिकापाल ने कहा कि कपिलवस्तु में पर्यटन का विकास किया जायेगा उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का प्रारम्भिक समय राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में यहां गुजारा था बाइट नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि पूरी दुनिया को हमने युद्ध नहीं दिया है बल्कि बुद्ध दिया है

प्रदेश में चीनी मिलों को पेराई क्षमता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश के गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूस रेड्डी ने विज्ञप्ति में बताया कि विगत पेराई सत्रों में राज्य की विभिन्न मिलों में पेराई क्षमता के अनुसार कम गन्ना उपलब्ध होने के कारण प्राय नो केन की स्थिति बनी रहती थी और मिलों को पेराई के लिये गन्ना उपलब्ध नहीं होता था

गन्ना आयुक्त ने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये यह निर्देश दिये कि कम गन्ना बुआई वाले चीनी मिल क्षेत्रों के किसानों को दूसरे क्षेत्रों और जनपदों के किसानों के गन्ना फार्मो का भ्रमण कराकर वहां कृषि की नई पद्वति से उन्हें अवगत कराया जाये प्रदेश में प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर लगने वाले माघ मेला आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं इस मेले में पहला स्नान दस जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा

खुले आसमान के नीचे बयालिस दिनों तक संगम तट पर टेन्ट में बसने वाले आध्यात्मिक माघ मेला की तैयारियों के मददेनज़र प्रयागराज जिला प्रशासन ने अधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिये हैं मंडलायुक्त आशीष कुमार गोयल ने कल माघ मेले की तैयारियों की बैठक के बाद कहा कि मेला पूरा होने तक अधिकारी बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ें

उन्होंने कहा कि अनावश्यक सड़कों को बंद नहीं किया जाय और बिना अतिआवश्यकता के बैरियर नहीं लगाये जाने चाहिए